प्रदेश में चार नये संग्रहालय खोलने के लिए पुरातत्व विभाग ने केन्द्र को भेजा प्रस्ताव सावन का दूसरा सोमवार प्रदेश भर में मना उत्साह के साथ धार्मिक नगरी उज्जैन में निकाली गयी महाकाल की दूसरी सवारी प्रदेश में एक बार फिर मानसून के सकिय होने की संभावना कई स्थानों पर हो सकती है बारिश कैबिनेट कैबिनेट ने सिवनी और छतरपूर में नये सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल भोपाल में हुई मंत्रीपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया

कैबिनेट में तय किया गया कि भोपाल के हमीदिया अस्पताल में स्थित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑई चालू रहेगा कैबिनेट ने इंदौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई स्थापित करने को मंजूरी दी और वहां डायरेक्टर का नया पद सुजित किये जाने का भी निर्णय लिया

संग्रहालय प्रदेश की प्राचीन धरोहरों को सहेजने और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए मप्र पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय विभाग ने राज्य में चार नए संग्रहालय खोलने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है इसमें गुना नीमच नरसिंहपुर हरदा जिले शामिल हैं संचनालय ने जमीन इसमें आने वाला खर्च और रखे जाने वाले प्राचीन धरोहरों की जानकारी केंद्र सरकार को भेजी थी

जनसम्पर्क संचालनालय की इस वेबसाइट में हाल ही में सब्स्क्राइब प्रेस रिलीज आई कॉन बनाया गया है इसके माध्यम से पत्रकार और मीडिया कर्मी के साथ साथ आम आदमी भी इसे सब्स्क्राइब कर सकते हैं सब्स्क्राइब करने के बाद यूजर को ई मेल पर नये समाचार तत्काल प्राप्त होने लगेंगे जनसम्पर्क विभाग ने सोशल मिडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार के लिये शेयररिंग दूल्स का उपयोग शुरू किया है इसमें वाट्स अप फेसबुक ट्वीटर और गुगल प्लस के दूल को जोड़ा गया है आयोग संज्ञान मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने राजधानी भोपाल के ईदगाह हिल्स क्षेत्र में संचालित एक मूक बधिर सेंटर में बच्चियों के शोषण किए जाने के मामले को संज्ञान में लिया है आयोग की कल जारी विज्ञप्ति के अनुसार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने ईदगाह हिल्स क्षेत्र में संचालित मूक बधिर बच्चियों के सेंटर में बाबा द्वारा ताबिज देने के नाम पर शोषण किये जाने से उत्पीड़ित बालिकाओं के भोपाल से भागकर इन्दौर पहुंचने और इन्दौर पुलिस में शिकायत करने के मामले में संज्ञान लिया है

इस अवसर पर धार्मिक नगरी उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की दूसरी सवारी निकाली गई मंदिर परिसर से शाम चार बजे भगवान महाकाल की सवारी निकलने के पहले उनका विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया पालकी को कलेक्टर एवं अतिथियों ने नगर भ्रमण के लिए रवाना किया इस मौके पर सशस्त्र पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ आनर दिया गया पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सवारी मार्ग पर श्रद्वालुओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाए की गयी

अजय आरोप विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा के वितरण में घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी जांच कराने की मांग की है श्री सिंह ने कल एक बयाने में कहा कि अकेले रायसेन जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छह करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है

श्री सिंह ने यह भी कहा कि मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा खाद्य सुरक्षा योजना गरीबों के लिए कांग्रेस की सरकार ने ही लागू की थी

जगन्नाथपुरी तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए अलग अलग तिथियों में विभिन्न जिलों से यात्री रवाना होंगे रिश्वत रतलाम जिले में लोकायुक्त पुलिस ने पंचायत विभाग के सहायक सचिव सत्यनारायण साहू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है लोकायुक्त पुलिस को शिकायत मिली थी कि पंचायत का सहायक सचिव द्वारा कपिल धारा योजना का लाभ दिलाने के लिए तीन हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है लोकायुक्त छापा इंदौर नगर निगम में बेलदार के पद पर पदस्थ कर्मचारी असलम खान के करीब पांच ठिकानों पर कल लोकायुक्त ने छापेमार कार्यवाही की शुरुआती जांच में असलम खान के पास करीब एक करोड़ रुपए से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति पाई गई है विशेष पुलिस स्थापना शाखा लोकायुक्त इंदौर ने बताया कि निगम के बेलदार असलम खान के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में कई शिकायत मिली थी मौसम प्रदेश में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है प्रदेश में पिछले एक पखवाड़े से मानसून के कमजोर होने के कारण कृष्ठ स्थानों पर ही हल्की बारिश हो रही है कल रीवा संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मामूली रूप से वर्षा दर्ज की गई वहीं जबलपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की खबर मिली है मौसम केन्द्र के अनुसार अगले चार से पांच दिन बाद मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने की संभावना है

जबकि राज्य के शेष जिलों में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है

समाचार संक्षेप में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल आज रायसेन प्रवास पर रहेंगी वे यहां पर्यटन विभाग के कार्यक्रम हिस्सा लेंगी

इसमें यातायात नियमों के पालन पर जो दिया गया